प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की

और तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 बाईट कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना से बचाव के एहतियाती उपायों के बीच विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पटना वैशाली सीतामढ़ी दरभंगा और मधुबनी सहित सत्रह जिलों के चौरानवे विधानसभा सीटों के लिए सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले घंटे में तीन दशमलव सात प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हो रहे दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने मतदाताओं से वोटिंग के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने की अपील की है गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की है राज्यपाल फागू चौहान ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है आकाशवाणी पटना भी आप सभी से कोरोना से बचाव के एहतियाती उपाय का पालन करते हुये बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है

मतदान केन्द्रों पर युवा महिला और बुजुर्ग सहित अन्य मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है पटना के दीघा से हमारे संवाददाता के के लाल ने बताया कि कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों के साथ लोग मतदान प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं

तीन हजार पांच सौ अड़तालीस मतदान केन्द्रों से मतदान प्रक्रिया की लाईव वेबकास्टिंग की जा रही है मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हो रही है मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जायेगा दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान केन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था है पोलिंग बूथों पर पेयजल शेड और शौचालय की भी व्यवस्था की गयी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान का सामान्य समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल प्रभावित आठ विधानसभा क्षेत्रों कुशेश्वरस्थान गौड़ाबौराम मीनापुर पारू साहेबगंज राघोपुर अलौली और बेलदौर में मतदान शाम चार बजे तक होगा राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के राजभवन कॉलोनी स्थित मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हाजीपूर में तथा लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान और सांसद प्रिंस राज ने खगड़िया में मतदान किया निर्वाचन आयोग ने राज्य में पहली बार पटना के बूजूर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए ऑन डिमांड टैक्सी सेवा प्रदाता कम्पनी उबर के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध करायी है इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर कूपन कोड प्राप्त करना होगा इस सेवा का उपयोग करने के दौरान एक सौ बीस रूपये तक का बिल मुफ्त होगा मतदान के दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है यह नियंत्रण कक्ष रात्रि नौ बजे तक काम करेगा लोग दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके साथ ही मतदाता एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच एक नौ पांच शून्य पर भी संपर्क कर सकते हैं जिला स्तर के कॉल सेंटर के नम्बर एक नौ पांच शून्य से भी जानकारी ली जा सकती है आज हो रहे मतदान में दो करोड़ छियासी लाख से अधिक मतदाता एक हजार चार सौ तिरसठ उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे च्रनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें एक करोड़ पचास लाख तैंतीस हजार चौंतीस पुरूष और एक करोड़ पैंतीस लाख सोलह हजार दो सौ इकहत्तर महिला मतदाता हैं वहीं तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या नौ सौ अस्सी है प्रत्याशियों में एक हजार तीन सौ सोलह पुरूष एक सौ छियालीस महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर हैं दूसरे चरण के तहत आज हो रहे विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है इस चरण में राज्य के चार मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा पटना साहिब से नंदकिशोर यादव मध्बन से राणा रणधीर नालंदा से श्रवण कुमार और हथ्आ से राम सेवक सिंह चुनावी मैदान में हैं वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता इसी चरण में करेंगे इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में चन्द्रिका राय पूर्व मंत्री मंजू वर्मा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा शरद यादव की पूत्री सुभाषिनी राज राव पूर्व सांसद लवली आनंद और प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी चुनावी मैदान में है आज होने वाले दूसरे चरण के मतदान में महागठबंधन से सबसे अधिक राजद के छप्पन उम्मीदवार चूनाव मैदान में हैं वहीं कांग्रेस से चौबीस भाकपा माले के छह तथा भाकपा और माकपा के चार चार उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं एनडीए से भाजपा के छियालीस जदयू के तैंतालीस और विकासशील इंसान पार्टी के पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी के बावन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के छत्तीस बहुजन समाज पार्टी के तैंतीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उनतीस उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं सबसे अधिक सत्ताईस प्रत्याशी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से और सबसे कम चार प्रत्याशी दरौली विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं लोजपा के टिकट पर एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हथुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर राजद को तैंतीस जदयू को तीस भाजपा को बीस कांग्रेस को सात लोक जनशक्ति पार्टी को दो भाकपा माले को एक और निर्दलीय को एक सीट पर जीत मिली थी तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है इस सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज फारबिसगंज और सहरसा में जन सभाओं को संबोधित करेंगे श्री मोदी के साथ हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे तथा आर के सिंह भी मौजूद रहेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि आज वे एक बार फिर बिहार के लोगों के साथ रहेंगे और उनके समक्ष एनडीए के विकास को एजेंडा रखते हुये समर्थन की अपील करेंगे वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहल गांधी आज किशनगंज और कटिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज मुजफ्फरपुर मधुबनी और मधेपुरा जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सात चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव सीतामढ़ी मध्रबनी दरभंगा सुपौल सहरसा और मधेप्रा जिले में बारह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान मधुबनी सोनबरसा और महुआ समेत नौ विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे बेगूसराय जिले के मटिहानी के निवर्तमान विधायक और जदयू उम्मीदवार बोगो सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्हें मतदाताओं के बीच पैसे बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनके पास से डेढ़ लाख रूपये बरामद भी किये गये बाद में उन्हें व्यक्तिगत जमानत पर छोड़ दिया गया दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम ने चूनाव कार्य से अनुपस्थित रहने वाले चालीस दंडाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने का आदेश दिया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव दो सात प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख नौ हजार नौ सौ अस्सी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और वर्तमान में मात्र सात हजार छत्तीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है यह संख्या पिछले दो महीनों में सबसे कम है वहीं इस वैश्विक महामारी से एक हजार एक सौ एक लोगों की मौत हो चूकी है नेशनल मेडिकल कमीशन ने मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमबीबीएस की पढ़ाई की मान्यता दे दी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि कमीशन ने एक सौ सीटों पर एमबीबीए की पढ़ाई की मंजूरी दी है मानवाधिकार आयोग ने भागलपुर के बिहपुर में पुलिस की कथित पिटाई में एक यूवक की हुई मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुये भागलपुर और नवगछिया के पुलिस अधीक्षकों से पच्चीस नवम्बर से पहले घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और दैनिक भास्कर समेत आज से सभी समाचार पत्रों ने दूसरे चरण के मतदान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा चुनाव प्रचार और इस दौरान राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप से जुड़ी खबरें भी आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की

और तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज